श्री मोदी ने स्वामित्व योजना का किया शुभारंभ प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी

राज्य सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किये

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद देने का आग्रह किया है श्री मोदी देश भर में स्वामित्व योजना के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे

इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है उसे रोकना ही है श्री मोदी ने कहा कि कोविड उन्नीस के खिलाफ हमारी यह लड़ाई पिछले साल की तुलना में अधिक धैर्य और हौसले की मांग करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है

आप सभी साथियों के सहयोग से ही यह टीकाकरण अभियान सफल होगा श्री मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने महामारी के इस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून महीने में अस्सी करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है

कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा

श्री मोदी ने कोविड उन्नीस से निपटने के लिए सभी पंचायतों से दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र का पालन करने का आग्रह किया और उम्मीद जतायी कि देश जल्द ही इस महामारी के प्रकोप से उबरकर सामने आएगा

हमें यह सुनिश्चित करना होगा इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है इसीलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हरेक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र आधुनिक भारत के गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहता है और इसके लिए लगभग दो लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गये हैं

आज हर घर को शुद्व जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बडी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हमने आपकी भागीदारी से आगे बढ़ाया है आज गांव में रोजगार से लेकर गरीब को पक्का घर देने का जो व्यापक अभियान केन्द्र सरकार चला रही है वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है

इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी भूमि के स्वामित्व से संबंधित ई प्रोपर्टी कार्ड दिए जाएंगे और वे इनकी मदद से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा का फायदा उठा सकते हैं प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर दो हजार इक्कीस के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए बिहार के सात जिलों सीतामढ़ी नालंदा रोहतास दरभंगा समस्तीपुर गया और औरंगाबाद की बारह पंचायती राज संस्थाओं को सम्मानित किया गया इनमें सात ग्राम पंचायत चार पंचायत समिति और एक जिला परिषद शामिल हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है हालांकि आज कल की तुलना में मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई है आज बारह हजार तीन सौ उनसठ नये संक्रमितों की पहचान हुई है सबसे अधिक पटना से दो हजार चार सौ उनासी मामले सामने आये हैं गया से सात सौ पैंतालीस भागलपुर से छह सौ पंचानवे औरंगाबाद से छह सौ छिहत्तर सारण से पांच सौ बीस और बेगूसराय से पांच सौ नौ मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर इक्यासी हजार नौ सौ साठ है देश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड के रिकॉर्ड तीन लाख छियालीस हजार नये मामले सामने आए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दो लाख उन्नीस हजार रोगी पिछले चौबीस घंटों में स्वस्थ हुये हैं स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव चार नौ प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में दो हजार छह सौ लोगों की कोविड से मौत हुई है इस समय देशभर में सक्रिय रोगियों की संख्या पच्चीस लाख बावन हजार नौ सौ चालीस है दानापुर के अंचलाधिकारी विद्यानंद राय का आज कोविड से निधन हो गया उनका दानापुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था इधर सीवान जिले के हुसैनगंज की प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीषा प्रसाद की भी आज कोरोना से मौत हो गयी संक्रमित पाये जाने के बाद उन्हें पटना एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था मुजफ्फरपुर न्यायालय के सात जज समेत अठारह कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं इसे देखते हुये अदालतों में कामकाज तीस अप्रैल तक बंद कर दिया गया है इस अवधि में केवल रिमांड जैसे महत्वपूर्ण काम किये जायेंगे जमुई जिले के झाझा विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक दामोदर रावत कोरोना संक्रमित पाये गये हैं

जानेमाने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील राजादान ने कोरोना की इस दूसरी लहर में लोगों से संयम से काम लेते हुये सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

राज्य औषधि नियंत्रक रविन्द्र कुमार सिन्हा ने बताया कि अब रेमडेसिविर सीधे अस्पतालों को उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने बताया कि अस्पतालों को मरीजों की संख्या के आधार पर यह सुई उपलब्ध करायी जायेगी श्री सिन्हा ने बताया कि सहायक औषधि नियंत्रक की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गयी है जो रेमडेसिविर के वितरण की व्यवस्था को देखेगी राज्य में अब तक चौसठ लाख तिरसठ हजार दो सौ उनसठ लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान सतहत्तर हजार चार सौ छियालीस लोगों को टीका लगाया गया इधर देश में अब तक चौदह करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चूका है एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीका लेने की अपील करते हुये कहा है कि यह टीका संक्रमण से बचाने के साथ साथ जान के जोखिम को कम करता है

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविन पोर्टल निबंधन की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है और अट्ठाईस अप्रैल से निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी केन्द्र सरकार ने उन दावों का खंडन किया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं को मासिक धर्म शुरू होने से पांच दिन पहले और इसके पांच दिन बाद कोविड का टीका नहीं लेना चाहिए पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को खारिज करते हुये कहा है कि यह खबर पूरी तरह गलत है केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा परिवहन के लिए विशेष कॉरीडोर का प्रावधान करने के लिए पत्र लिखा है वहीं केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे कोविड संबंधी सामग्री और उपकरण की सभी खेपों को प्राथमिकता के आधार पर कस्टम संबंधी स्वीकृति प्रदान करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया का जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है आज हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत सभी रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने को कहा कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हये केन्द्र सरकार ने कर विवादों को निपटाने से संबंधित विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की अंतिम तारीख तीस जून तक बढ़ा दी है वहीं आयकर अधिनियम के अंतर्गत करों के आकलन की अंतिम समय सीमा भी तीस जून तक बढ़ा दी गई है न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन्ना ने आज भारत के अड़तालीसवें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल कल पूरा हो गया न्यायमूर्ति रमन्ना करीब सोलह महीने तक इस पद पर बने रहेंगे और अगले साल छब्बीस अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी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 इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय दूरदर्शन और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनलों पर भी इसे सुना जा सकता है मन की बात के प्रसारण के तुरंत बाद इसके मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है

श्री मोदी ने स्वामित्व योजना का किया शुभारंभ प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी

राज्य सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किये